वे सड़सठ वर्ष की थीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता को रात साढ़े नौ से दस बजे के बीच अस्पताल लाया गया और सीधा एमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया अस्पताल में उन्हें दाखिल किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ मंत्री एम्स पहुंचे सुषमा स्वराज का दो हजार सोलह में गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके जाने से भारतीय राजनीति का एक शानदार अध्याय समाप्त हो गया है उन्होंने एक टवीट में कहा कि भारत एक उल्लेखनीय नेता के निधन पर शोक में डूब गया है जिन्होंने अपना जीवन जनसेवा और गरीबों के जीवन के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सुषमा स्वराज करोड़ो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी

राष्ट्रपति कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्हें सुषमा स्वराज के निधन के समाचार से गहरा धक्का लगा है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से जुड़े विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई ट्वीट करते हुए आशा व्यक्त कि हम एक साथ उठेंगे और एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करेंगे में जम्मू कश्मीर के निवासियों के साहस और जज्बे को सलाम करता हुं श्री मोदी ने कहा कि वर्षों तक भावुक ब्लैकमेलिंग पर विश्वास करने वाले स्वार्थी तत्वों ने कभी भी लोगों के अधिकारों की चिंता नहीं की जम्मू कश्मीर अब ऐसे लोगों के च्रंगल से आजाद है और एक नई सुबह एक बेहतर कल के लिए तैयार है प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े विधेयक एकीकरण और अधिकारिता को सुनिश्चित करेंगे ये कदम यूवाओं को मुख्यधारा में लेकर आएगा और उन्हें अपने हुनर और कौशल को प्रदर्शित करने के अनगिनत अवसर प्रदान करेगा लद्दाख के लोगों को विशेष रुप से बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये अपार हर्ष का विषय है कि संघशासित प्रदेश बनाने की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग प्रर्ण हुई है इस निर्णय से क्षेत्र में संपन्नता को बल मिलेगा और इससे बेहतर विकास सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी

बैठक में चुनौतियों कमियों और सैनिक स्कूल से जुड़े अन्य मसलों पर विचार विमर्श किया गया राज्यपाल ने कहा की सभी हितधारक मिलकर पासीघाट स्थित सैनिक स्कूल को प्रदेश का सबसे बेहतरीन स्कूल और पूर्वोत्तर के सैनिक स्कूलों में सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान बनाना चाहिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के समर्थन से प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल सशस्त्र बलों के लिए उत्तम अधिकारी निकाल सकते है

यह नदी ईस्ट सियांग जिले के आवहाली और लोअर दिवांग वैली जिले के दामबूक के बिच स्थित है

राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम ने इस सड़क मार्ग के मुख्य पुलों पर लगभग कार्य समाप्त कर दिया है और इस महीने के तीसरे हफ्ते तक सड़क को यातायात के लिए खोलने की हर संभव कोशिश कर रहे है निर्माण कार्य एजेंसी ने नव निर्मित आर सी सी ब्रीज में टेस्ट ड्राईव कर लिए है यह राजमार्ग ईस्ट्रान अरुणाचल प्रदेश को बेहतर कॉनेक्टीविटी प्रदान करेगा

इसपर अपनी खूशी जाहिर करते हुए जिला उपायुक्त सह पी एम सी प्रशासक किन्नी सिंह ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करना बहुत कठिन था उन्होंने कहा कि खुले में शौच का उन्मूलन स्वच्छ भारत अभियान का एक भाग है और इसका उद्देश्य भारत को अक्टूबर दो हजार उन्नीस तक खुले में शौच से मुक्त करना है श्रीमती सिंह ने आश्वासन दिया कि एक बार टैग से सम्मानित किए जाने के बाद स्वच्छता बनाए रखने में कोई ढिलाई नही होगी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

रिवर्स रेपो दर पांच दशमलव एक पाच प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव छह पांच प्रतिशत की गई है अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है तीसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति में रिजर्व बैंक ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंको को ऋण देता है इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से पैसे लेता है ये दोनो ही ऋण दरें उपभोक्ताओ के लिए महत्वपूर्ण होती हैं इसी आधार पर बैंक उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा समिति ने लगातार चौथी बार रेपो रेट मे कमी की है पिछले दिनों प्रत्येक समीक्षा के दौरान चौथाई प्रतिशत की कटौती की गई थी